रायपुर में आज से दक्षिण एशियाई देशों के विश्वविद्यालयों का बारहवां युवा उत्सव शुरू हुआ

यह पुरस्कार उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में योगदान और वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया प्रधानमंत्री ने यह पुरस्कार भारत के एक अरब तीस करोड़ लोगों को समर्पित किया है श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि उन्हें यह पुरस्कार महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती वर्ष में दिया जा रहा है प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि कट्टरपंथ और आतंकवाद अब वैश्विक रूप ले चुके हैं और ये वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि सोल शांति पुरस्कार की एक करोड़ तीस लाख रूपए की राशि नमामी गंगे कोष में दे दी जाएगी कैबिनेट फैसला राज्य सरकार ने सार्वजनिक बैंकों से कृषि कार्य के लिए किसानों द्वारा लिए गए अल्पकालीन ऋण को भी माफ करने का फैसला लिया है इसके तहत तीस नवंबर दो हजार अट्ठारह तक लिए गए कर्ज माफ किए जाएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कल देर शाम हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया बाद में पत्रकारों को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि ये कर्ज ठीक उसी तरह से माफ किए जाएंगे जिस तरह सहकारी बैंकों के कर्ज माफ किए गए हैं कैबिनेट ने चार सौ यूनिट तक बिजली बिल आधा करने की घोषणा पर भी मुहर लगा दी है इनमें करीब साढ़े बारह लाख एकल बत्ती करीब नौ लाख फ्लैट रेट वाले उपभोक्ता के अलावा अन्य सभी उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलेगा श्री चौबे ने बताया कि राजीव आवास योजना के नवीनीकरण और नियमितीकरण को भी मंजूरी दी गई है इससे करीब पांच लाख लोगों को फायदा मिलेगा उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने प्रदेश की सभी सत्रह सौ रेत खदानों का संचालन छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम सीएमडीसी से कराने और प्राप्त रायल्टी का पच्चीस प्रतिशत हिस्सा पंचायतों को भी देने के फैसले का अनुमोदन कर दिया है कैबिनेट में लिए गए एक अन्य अहम फैसले के अनुसार नगरीय निकाय के चुनाव में किसी दिव्यांग के चुनकर नहीं आने की स्थिति में किसी दिव्यांग पार्षद को नोमित किया जाएगा इसमें भी महिलाओं की पचास फीसदी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी मंत्री श्री चौबे ने बताया कि कैबिनेट ने सरगुजा और बस्तर की तर्ज पर मध्य क्षेत्र के लिए आदिवासी विकास परिषद का गठन करने का भी फैसला लिया है इसमें दूर्ग रायपुर और बिलासपुर क्षेत्र शामिल होंगे वहीं सरकार ने आदिवासियों की जमीन आपसी सहमति से लेने के नियमों को भी समाप्त कर दिया है इसके साथ ही छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता में संशोधन को समाप्त कर उसे खत्म करने का फैसला लिया गया है विधानसभा उद्योग नीति उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि प्रदेश में उद्योग नीति दो हजार उन्नीस खत्म की जाएगी राज्य में इसी साल सितंबर तक नई उद्योग नीति लागू हो जाएगी कवासी लखमा ने विधानसभा में आज अपने विभाग की अनुदान मांगों पर हई चर्चा का जवाब देते हुए बताया कि नई उद्योग नीति बनाने के लिए वे अन्य राज्यों का दौरा करेंगे इसके लिए वे तेलंगाना कर्नाटक और बिहार जाएंगे और उसके बाद ही प्रदेश में नई उद्योग नीति लागू की जाएगी उन्होंने कहा कि उद्योग विभाग के लिए तीन सौ उनतालीस करोड़ रूपये के बजट का अनुमोदन हआ है राज्य में दो सौ नए उद्योग शुरू किए जाएंगे सदानंद गौड़ा कोरबा कोरबा जिले के स्याहीमुड़ी में एजुकेशन हब कैंपस में केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान सीपेट की दूसरी यूनिट शुरू हो गेई है केंद्रीय रसायन मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने आज इसका उदघाटन किया यहां प्लास्टिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में डिग्री और डिप्लोमा कोर्स संचालित किए जाएंगे शुरुआत में यहां कौशल उन्नयन कार्यक्रम के तहत प्लास्टिक की चीजें बनाने का छह माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा यहां सीपेट कौशल विकास के जरिए छात्रों को प्लास्टिक इंजीनियरिंग से जोड़ेगा इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोरबा में कोल खदानें और बिजली संयंत्र भी हैं इसलिए यहां पर कौशल विकास की जरूरत थी इसे देखते हुए यहां पर सीपेट की दूसरी शाखा शुरू की गई है इससे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर सीपेट की दो शाखाए खुल चुकी हैं केंद्र सरकार का प्रयास है कि हर राज्य में सीपेट शुरू किया जाए

श्री अकबर ने सदन में अनुदान मांगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्डधारी परिवारों को प्रति माह पैंतीस किलो चावल दिया जाएगा साथ ही अधिक संख्या वाले परिवारों को ध्यान में रखकर राशन कार्ड का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा मंत्री मोहम्मद अकबर ने घोषणा की कि रायपुर विकास प्राधिकरण की महत्वपूर्ण योजना कमल विहार की नगर विकास योजना पांच को समाप्त कर दिया गया है इसमें छह गांव शामिल थे उन्होंने बताया कि जिनकी भूमि ली गई है उन्हें नियम अनुसार पैंतीस प्रतिशत भूमि दी जाएगी श्री अकबर ने घोषणा की कि अब भोरमदेव टाइगर रिजर्व नहीं बनेगा उन्होंने बताया कि तेंद्रपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका योजना बंद नहीं की गई है बल्कि अब उन्हें संग्रहण दर की पूरी राशि प्रदान की जाएगी ताकि वे अपनी पसंद से चरणपादुका खरीद सकें युवा उत्सव रायपुर में आज से दक्षिण एशियाई देशों के विश्वविद्यालयों का बारहवां युवा उत्सव शुरू हुआ पांच दिवसीय इस युवा उत्सव में श्रीलंका नेपाल म्यांमार बांग्लादेश भूटान और भारत सहित छह देशों के विभिन्न विश्वविद्यालय के पांच सौ से अधिक प्रतिभागी युवा भाग ले रहे हैं इस उत्सव का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि युवा आपसी प्यार भाईचारा और अपनी कला के माध्यम से पूरी दुनिया को जोड़ने की ताकत रखते हैं उन्होर्न कहा कि युवा शक्ति के इस आयोजन से न केवल छत्तीसंगढ़ के युवाओं को विभिन्न देशों की संस्कृति और परम्परा से जुड़ने का मौका मिलेगा

इस पांच दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ सांसद अभिषेक सिंह करेंगे देश का बढ़ता जाता विश्वास साफ नीयत सही विकास पर आधारित इस प्रदर्शनी में भारत सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को मनमोहक तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा आम दर्शक सुबह ग्यारह बजे से रात आठ बजे तक इसका अवलोकन कर सकते हैं प्रदर्शनी स्थल पर दर्शकों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे

जारी आदेश के अनुसार प्रियंका शुक्ला को संचालक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का भी प्रभार दिया गया उनके पास अभी स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव का प्रभार है भाजयुमो विजय लक्ष्य यात्रा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा इन दिनों निकाली जा रही प्रदेशव्यापी विजय लक्ष्य यात्रा आज रायपुर पहुंची यह यात्रा अट्ठारह फरवरी को बस्तर लोकसभा क्षेत्र से शुरू हुई थी इसका समापन अट्ठाईस फरवरी को बिलासपुर में होगा इस यात्रा के माध्यम से भाजयुमो कार्यकर्ता युवाओं से सीधे संपर्क कर उन्हें भाजपा की रीति नीति से अवगत करा रहे हैं इसके अलावा केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी देने को साथ ही युवाओं को अपने अभियान से जोड़ने का काम कर रहे हैं